गृहमंत्री ने कहा कि केन्द्र ने रोहिंज्याओं की गतिविधियों और उन्हें देश में आने से रोकने के लिए राज्यों को परामर्श जारी कर दिए हैं

भारतीये जनता पार्टी संसदीय दल की नई दिल्ली में बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी समझ की कमी और असलियत को सामने ला दिया

श्री कटारिया ने बताया कि उदयपुर जोधपुर और अजमेर संभाग में यात्रा सात सात दिनों की होगी

जयपुर में एक प्रश्न के जवाब में गृह मेंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि असम की तर्ज पर अन्य राज्यों को भी बांग्लादेश से आए अवैध नागरिकों के विरूद्व कदम उठाना चाहिए

इस दौरान बीएसएफ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे ये महिला अपनी बहनो से मिलने पाकिस्तान गई थी जहां सात दिन पहले उसकी मौत हो गई थी गौरतलब है कि आम तौर पर ये गेट भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लेग मीटिंग के दौरान ही खोला जाता है

यह रोक चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद लगाई गई है

तबादलों के लिए अंतिम दिन होने के कारण कई विमागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला सूचियां आज देर रात तक जारी होंगी उल्लेखनीय है चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को चुनाव से जुड़े कायोँ में एक ही जिले में तीन सालों से नियुक्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को हटाने को निर्देश दिए थे

पुलिस ने बताया कि ये लोग नागौर के रोहिसडा गांव के थे और एक मरीज को बीकानेर ला रहे थे उधर बांसवाडा के कागदी मोक्ष धाम में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया

सुनील कोठारी को उपाध्यक्ष वीरमदेव सिंह और हनुमानगढ के कैलाश मेघवाल को महामंत्री काशीराम गोदारा और संजय शर्मा को मंत्री नियुक्त किया गया है

अधिकांश स्थानों पर आज लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे पिछले चौबीस घंटों के दौरान भरतपुर दौसा करौली और घौलपुर जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की वर्षा हुई माउंटआबू में मौसम खुशनुमा बना हुआ है और सुबह हल्की धुंध छायी रही

चार जिले बाडमेर बूंदी जालौर और सिरोही अभी भी वर्षा की कमी से जूझ रहे हैं हमारे जालौर संवाददाता ने बताया कि तालाब और एनीकट सूखे होने से पीने के पानी की समस्या बनी हई है